इसका उददेश्य आम लोगों के लिए बैंकिंग सेवा को सुलभ और आसान बनाना है ताकि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य तेजी से प्राप्त किया जा सके इसके लिए देशभर में मौजूद डाक विभाग के बड़े नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है इसमें तीन लाख से ज्यादा डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक शामिल हैं विकम ठाकर उद्योग मंत्री विक्रम ठाक्र की अध्यक्षता में कल शिमला में श्रम व रोजगार विभाग की एक समीक्षा बैठक हुई

विक्रम ठाकुर ने निजी क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को वेतन भुगतान के लिए आधार से जोड़ने पर बल दिया ताकि उनका वेतन सीधा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किया जा सके उद्योग मंत्री ने रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों का वास्तविक ब्यौरा एकत्र करने के निर्देश भी दिए

कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर में दो सितम्बर को आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर करेंगे उपमण्डल अधिकारी नागरिक धनवीर ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जनमंच को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है आभार कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में हैलीकॉप्टर से राशन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र का आभार जताया है उन्होंने बताया कि सरकार ने इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाई को समझा और सही समय पर इसका निदान किया मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने कहा कि वे समय समय पर क्षेत्र के लिए राशन की आपूर्ति की जानकारी हासिल कर रहे हैं गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने बड़ा भंगाल के लिए राशन की आपूर्ति हैलीकॉप्टर के जरिए भेजना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए थे

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने आउटसोर्स कर्मचारियों पर मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है आउटसोर्स कर्मियों को अनुबंध पर लाने व नियमित करने का प्रावधान नहीं अमर उजाला का शीर्षक है आउटसोर्स कर्मी न नियमित होंगे न भर्ती में होगा आरक्षण दिव्य हिमाचल के शब्द हैं आउटसोर्स कर्मी नहीं होंगे नियमित मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए जताई मजबूरी दैनिक भास्कर के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी न रेगुलर होंगे न अनुबंध पर आएंगे किसी पॉलीसी में प्रावधान नहीं दैनिक जागरण का कहना है आउटसोर्स कर्मियों के लिए नहीं बनेगी नीति दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित इसी खबर पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सात दिन में चार बार विपक्ष का वाकआउट शिमला में एंट्री पर ग्रीन टैक्स को मंजूरी शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है बाहरी राज्यों के वाहनों से चार माह के भीतर नगर निगम वसूलना शुरू करेगा शुल्क पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की खबर पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है आईजीएमसी में भर्ती वीरभद्र का हाल जानने पहंचे सीएम ठाकर पंजाब केसरी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का स्वास्थ्य स्थिर जबकि आपका फैसला के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सेहत में तेजी से हो रहा सुधार दैनिक जागरण की एक खबर है अब सोलन से निकली कैमिकल नदी इसी पत्र की एक अन्य खबर है हिमाचल को मिला एक और राष्ट्रीय राजमार्ग

रोहतांग की वहन क्षमता जांचने का काम फिर से शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है टीसीपी विभाग ने कंसल्टेंट्स से मांगे आवेदन अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय कलाकारों की अनदेखी में लिखा है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्सवों में प्रदेश के कलाकारों की अनदेखी सही नहीं है लोक संस्कृति से ही हिमाचल की पहचान है इसे भूलने का अर्थ है अपनी जड़ों को भूल जाना दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की खट्टी मीठी यादों पर अपने विचार व्यक्त किए है शीर्षक है क्छ खट़टे क्छ मीठे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

नमस्कार